होली के मद्देनजर राज्य में शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए चौकस रही पुलिस

तीन हजार आठ सौ से ज्यादा लोगों की मौत

गांवों से लेकर शहर लोग होली के रंग में रंगे नजर आए लोगों ने गुलाल और अबीर के साथ जमकर होली खेली ढोल दमाऊं ढपली और हुड़का की थाप पर लोग नाचते गाते एक दूसरे को रंग लगाते और होली की शुभकामनाएं देते नजर आये राज्य के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ बना रहा इसके चलते होल्यारों विशेषकर बच्चों में खुशी की लहर रही घरों और गलियों में बच्चे एक दूसरे पर रंग लगाते रहे और पिचकारी से रंग बिरंगा पानी एक दूसरे पर मारते रहे कई स्थानों पर लोग ढोल दमाऊं और हडका के साथ नाचते गाते नजर आए उधर अल्मोड़ा में आज होली की धूम मची रही जिले के शहीर और ग्रामीण इलाकों में होल्यार होली के रंग में रंगे हुए नजर आए जिले में विभिन्न जगहों पर महिला होली का आयोजन किया गया जिसमें सामाजिक बुराईयों के विरोध में महिलाओं ने नाटक का प्रदर्शन किया

देहरादून में लोग टोलियां बनाकर एक दूसरे के घरों में पहुंचे और अबीर गु्लाल लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाए दीं इस दौरान बच्चों युवाओं महिलाओं और बुजुर्गों में खासा उत्साह देखने को मिला लोगों ने पूरे उत्साह के साथ होली खेली और गीतों पर झूमे कोटद्वार में भी होली का त्यौहार धूमधाम के साथ मनाया गया होली पर शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए विभिन्न स्थानों पर पुलिस तैनात रही बागेश्वर जिले में भी रंगों का पर्व ध्रमधाम से मनाया गया इस दौरान लोगों ने एक दूसरे को अबीर गु्लाल लगाकर पर्व की शुभकामनाएं दी लोगों ने जमकर रंगों की होली खेली नगर से लेकर गांव तक लोग रंगों में सराबोर रहे नगर के मंदिरों में भी होल्यारों ने होली गायन कर अबीर गुलाल और रंग अर्पित किये टिहरी जिले में भी होली का त्योहार ध्रमधाम से मनाया गया नई टिहरी जिला मुख्यालय में बच्चे सुबह से हाथ में पिचकारी लेकर एक दूसरे को रंगों में रंगते नजर आए

इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री के साथ होली मनाई इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी मुख्यमंत्री के साथ होली मनाई राज्य के सभी हिस्सों से ध्रमधाम के साथ होली मनाये जाने के समाचार मिले हैं होली के समापन के बाद मिठाई और गुड़ वितरित किया गया शाम को मंदिरों में भंडारों का आयोजन भी किया गया तैनात होली के मद्देनजर राज्य की सभी एम्ब्रेलेंस आज हाई अलर्ट पर हैं

मेले को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों को अंतिम रूप दे रहा है मेले में लोगों को किसी तरह की दिक्कत न हों इसके लिए सड़क बिजली पानी आदि व्यवस्थाएं दुरुस्त कर ली गई हैं पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी की निगरानी में रहेगा इस बीच कोरोना वायरस के प्रति सतर्कता बढ़ाते हुए चम्पावत जिला प्रशासन ने टनकपुर और बनबसा बैराज में सतर्कता बढ़ा दी है प्रशासन ने टनकपुर में आईसुलेशन वार्ड बनाया है यहां पर नेपाल से आवागमन करने वाले यात्रियों की स्क्रीनिंग की जा रही है जिला प्रशासन ने सीमा पर आवाजाही करने वाले हर व्यक्ति को मास्क पहनने को कहा है

हालांकि संगठन ने यह भी कहा कि अब भी इस वायरस पर नियंत्रण किया जा सकता है चीन के व्हान में पिछले साल दिसंबर में फैला नोवेल कोरोना वायरस दुनिया भर में एक सौ पांच देशों में फैल गया है जिससे तीन हजार आठ सौ सत्रह लोगों की मौत हो चूकी है और एक लाख दस हजार उन्तीस लोग संक्रमित हैं

राज्य की टीम में चयनित तीन पुरुष और दो महिला खिलाड़ी इंदौर में होने वाली चौंपियनशिप में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे

कूड़ा निस्तारण देहरादून में कारगी रोड़ के ट्रेचिंग मैदान में जमा कूड़े के ढेर का जल्द निस्तारण किया जाएगा लंबे समय से यह कूड़े का ढेर आवाजाही करने वाले लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था अब नगर निगम देहरादून ने इसको हटाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं नगर आयुक्त विनय शंकर ने बताया कि इस कूड़े के ढेर को हटाने के लिए एमडीडीए से बात हो चुकी है उन्होंने बताया कि कूड़ा फेके जाने वाले स्थान पर रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किया जाना है

प्रदेश के विभिन्न लोगों ने अपने गांवों में रहकर रोजगार के अवसर तलाशें हैं आज के समय में जब लोग पहाड़ों से पलायन कर मैदान की ओर बढ़ रहे हैं ऐसे समय में ये लोग एक उदहारण बनकर सामने आये हैं पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर विकासखण्ड के पुसोली गांव के कुलदीप पन्त ने गांव में ही जैविक खेती और पशुपालन के माध्यम से एक मिशाल पेश की है

हालांकि मौसम विभाग ने उत्तरकाशी रूद्रप्रयाग चमोली और पिथौरागढ़ में ऊंचाई वाले हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान जताया है